विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर सबको बधाई देते हये प्रधानमंत्र ने कहा कि खाद्य क्रांति की दिशा में केन्द्र सरकार के प्रयासों में देश के किसान एक महत्वपूर्ण संतभ है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज राष्ट्रीय स्रक्षा गार्ड की स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय गार्ड के जवानों को उनके परिवारों को श्भकामनायें दी है एक टवीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के स्रक्षा तंत्र में राष्ट्रीय स्रक्षा गार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका है जो पेशेवर दक्षता और साहस से सम्बध रखती है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की सुरक्षा और देश को सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रयासों पर भारत की गई है केन्द्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए भारत ने प्रधानमंत्री ने नेतृत्व में विश्व में सबसे बेहतर कार्य किया है

उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आगामी दो या तीन महीनें में भारत के चिकित्सक और शोधकर्ता इस महामारी की वैक्सिन तैयार कर लेंगे और भारत अपने देशवासियों के साथ साथ अन्य देशों को यह वैक्सिन उपलब्ध करायेंगा श्री कटारिया आज यमूनानगर नगर निगम दवारा स्व्च्छता पखवाड़े के तहत आयोजित सम्मान समारोह के प्रतिभागियों को स्म्बोधित कर रहे थे उन्होंने इस मौके पर स्वच्छता पखवाड़े में होटल के व्यर्थ खाने व कुड़े के प्रबंधन तथा स्वच्छता गतिविधियों में उल्लेखनीय सहयोग देने वाले होटल संचालकों और संस्थाओं को स्मृति चिन्ह व प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया केन्द्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि स्वच्छता और स्वास्थ्य का गहरा रिश्ता है और जीवन में स्वच्छता को बढ़ावा देकर बीमारियों से बचा जा सकता है उन्होंने कचरा प्रबंधन को स्ृृढ़ करने की आवश्यक्ता पर बल देते हये कहा कि ठोस और तरल कुड़ा प्रबंधन की योजनाओं को और अधिक प्रभावी तरीके से लागू करने की जरूरत है

मास्क पहन कर ही बाहर जाएं और दो गज की दूरी रखे दूसरों को भी इसका महत्व बताए कोरोना वायरस से ख्द को और अपने आस पास के लोगों को बचाने के लिए कोरोना उचित व्यवहार का पालन करें यह आपकी समाजिक जिम्मेदारी भी है

हरियाणा के बरोदा विधानसभा उप च्नाव के लिए आज नामांकन पत्र भरने के अंतिम दिन योगेश्वर दत्त पहलवान ने और कांग्रेस से इंद्राज नरवाल ने अपना नामांकन दाखिल किया इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी के साथ सांसद रमेश चन्द्र कौशिक सांसद राम चन्द्र जांगड़ा और कृषि मंत्री जे पी दलाल मौजूद रहे उधर कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल के पर्चा भरने के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह ह्डडा सांसद दीपेन्द्र ह्डडा पार्टी अध्यक्ष क्मारी शैलजा व विधायक किरण चौधरी मौजूद रही इंडियन नैशनल लोकदल की प्रत्याशी जोगेन्रद मलिक ने प्रधान महा सचिव अभय चौटाला व अन्य पार्टी नेताओं की उपस्थिति में नामांकन दाखिल किया इसके अलावा डा कप्र नरवाल ने भी नामांकन दाखिल किया

मीडिया के नाम जारी बयान में क्मारी शैलजा अभय सिंह चौटाला और भारतीय जनता पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवारों की जीत का दावा किया हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि श्री बाबा बंदा सिंह बहाद्र ने देश के लिए शक्ति भाव व सैनिक भाव के जज्बे की श्रुआत श्री ग्रु गोविंद सिंह के मार्गदर्शन में उस वक्त की थी जब म्गलों के अत्याचार से निराशा अंधकार और भय का वातावरण था इसलिए य्वा पीढ़ी को बाबा बंदा सिंह बहाद्र के जीवन से प्रेरणा लेकर देशभक्ति की भावना के साथ आगे आना होगा

उन्होंने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहाद्र मानवता के सबसे बड़े हितैषी थे उनकी सेना में हिन्दू म्स्लिम सिख इत्यादि सभी धर्मों के सैनिक शामिल थे और वे हर किसी को सिंह कह कर प्कारते थे उन्होंने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहाद्र ने देशभक्ति की मजबूत नींव रखी और एक साहसिक सेनापति होने का परिचय दिया हरियाणा के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अगले वर्ष आठ मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को हरियाणा राज्य स्तरीय महिला प्रस्कारों से सम्मानित किया जायेगा

हरियाणा के फतेहाबाद जिला में सांसद सुनीता दुग्गल की अगुवाई में आज गांव ढिंगसरा से भोडिया खेड़ा तक केंद्र सरकार के कृषि क्षेत्र में सुधार की दिशा में बनाए गए कानूनों के समर्थन में एक किसान विकास ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई सांसद द्ग्गल ने स्वयं ट्रैक्टर चलाकर किसानों को संदेश दिया कि वो उनके साथ है इस दौरान जिला भर के किसानों ने कृषि कानूनों पर अपनी सहमति जताई इसके उपरांत सांसद ने भोडिया खेड़ा स्थित सिंचाई विभाग के विश्राम गृह में प्रैसवार्ता को भी संबोधित किया सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि केंद्र सरकार के तीनों कानून किसानों के पैरों में दशकों से पड़ी शोषक वर्ग की जंजीरों को तोडऩे वाले कानून हैं इन कानूनों के बनने के बाद किसानों के सामने कई रास्ते ख्ल गए हैं जो निश्चित तौर पर उनके आर्थिक हालात में बदलाव लाएंगे